उन्होंने कहा कि क्रषि सुधार विधेयक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये बेहद महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक का विरोध कर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि नया विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाघाओं से मुक्ति दिलाएगा उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा देश के किसानों के कल्याण की दिशा में कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विवेयक पारित किए गए हैं इन विवेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंबनों से मुक्ति दिलाई आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग कार्य को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड नाइन्टीन पर प्रभावी नियंत्रण करने में मेडिकल टेस्टिंग की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है श्री योगी आज लखनऊ के लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मेडिकल टेस्टिंग की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है एक दिन में कोविड नाइन्टीन के एक लाख पचपन हजार से अधिक टेस्ट की क्षमता अर्जित किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में टेस्टिंग कार्य पूरी तेजी से संचालित किया जाए उन्होंने कहा कि समय पर कोविड नाइन्टीन के रोगी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने से उसका उपचार लेवल वन श्रेणी के कोविड चिकित्सालय में ही किया जा सकता है इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है जो विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी प्रदान करने और रिक्त पदों के भरने के लिये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और छ महीने के भीतर भर्ती पत्र सौंपने का निर्देश दिया है एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों में रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी और अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट संदेश के अनुसार श्री योगी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अब तक तीन लाख भर्तिया की जा चुकी है और इसी तरह अगले तीन महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू होना चाहिये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महीने की इक्कीस तारीख को इस मुद्दे पर सभी भर्ती आयोगों और बोर्डो के अधिकारयों के साथ बैठक करेंगे प्रदेश सरकार ने बच्चों में कुपोषण की कमी दूर करने के लिए एक विशेष कदम उठाया है इसके तहत उन परिवारों को गाय देने का निर्णय लिया गया है जिनके बच्चे क्पोषित हैं पोषण अभियान के अंतर्गत उठाये गये इस कदम से राज्य में बच्चों और महिलाओं में क्पोषण दूर किया जा सकेगा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश निराश्रित सहभागिता योजना के तहत अपनी गौशालाओं से उन परिवारों को गाय देने का फैसला किया है जिनके घर में क्पोषित महिलाए और बच्चे हैं क्योंकि गाय का दूध क्पोषण को खत्म करने में काफी कारगर है राज्य के पशुघन विभाग के प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र के अनुसार यह गाय उन परिवारों को दी जाएंगी जो उन्हें रखने के इच्छुक हैं और जिनके पास इन्हें रखने के लिए पर्याप्त स्थान है अगर ऐसे परिवार की इच्छा होगी तो उन्हें गौशालाओं में आकर गाय को चुनने का भी अवसर दिया जाएगा गाय के पालन पोषण के लिए तीस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि भी ऐसे परिवारों के खाते में भेजी जाएगी देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक ही दिन में सतासी हजार चार सौ बहत्तर से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक इकतालिस लाख बारह हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल उन्नीस दशमलव पांच दो प्रतिशत रह गई है इस समय दस लाख सत्रह हजार मरीजों का इलाज चल रहा है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल चर्चा में भाग लेंगी श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं